एजेंसी की विशेष अपराध जांच शाखा के तहत गठित यह नई विशेष अन्वेषण इकाई ऐसे लोगों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करेगी जो कथित तौर पर इंटरनेट पर ऐसी सामग्री बनाते और भेजते हैं इकाई इस तरह की सामग्री देखने और डाउनलोड करने वालों पर भी नजर रखेगी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी को लेकर अपनी वचनबद्धता को आज एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि वे किसानों की कर्जमाफी के लिए वचनबद्ध हैं विदिशा में जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर उन्होंने कहा कि जिन किसानों की कर्जमाफी किन्ही कारणों से नहीं हो सकी है उनकी भी कर्जमाफी जल्द होगी उन्होंने कहा कि वे यह मानते हैं कि अभी सभी का कर्जा माफ नहीं हुआ है उसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अनेक किसानों की गलत नाम से आईडी तथा किसानों के एक से अधिक खाते होने की वजह से यह संभव नहीं हो सका जिसे जल्द ठीक करके सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा

बाला बच्चन गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेहतर हुई है आज जबलपुर में श्री बच्चन ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि हाल ही में अयोध्या मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय का फैसला आया था उसके बाद राज्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना निर्मित नहीं हुई इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की कानून में व्यवस्था में सुधार हुआ है

उधर जबलपुर में भी विभिन्न संगठनों द्वारा आधारताल चौराहे पर जल जंगल और जमीन के प्रणेता शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में भी बिरसा मुंडा को याद किया गया मुख्यमंत्री बिरसा मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि आदिवासी नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिरसा मुंडा संघर्ष कुर्बानी और त्याग के प्रतीक थे वे कम उम्र में ही अपने सदकर्मो से भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए श्री नाथ आज भोपाल में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा ने अपने समाज के उत्थान और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष की राह को चुना था उन्होंने गुलामी के दौर में अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूजे ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

इस महोत्सव में आदिवासी संस्कृति कला और खानपान का प्रदर्शन किया जायेगा

जब्बार निधन भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार को आज भोपाल में सुपूर्दे ए खाक किया गया

वे पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे उनकी मृत्यु पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि श्री जब्बार के निधन से हमने एक संघर्षशील और सामाजिक कार्यकर्ता को खो दिया है वहीं भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुर्नवास मंत्री आरिफ अकील सहित कई सामाजिक संगठनों ने श्री जब्बार के निधन पर शोक प्रकट किया है

यह भर्ती तात्याटोपे फिजीकल कॉलेज के ग्राउण्ड में होगी भर्ती रैली को लेकर प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं

इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मयंक अग्रवाल दोहरा शतक लगाकर आउट हुए

खेल इंदौर के कस्तूरबा ग्राम रूरल इंस्टीटयूट आवासीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित हुई संभाग स्तरीय अंतर महाविद्यालय महिला कबड्डी स्पर्धा इंदौर के एमएलबी कन्या महाविद्यालय ने जीती फायनल में उसका मुकाबला क्लॉथ मार्केट कन्या महाविद्यालय से हुआ कल इस स्पर्धा का उदघाटन कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट कस्तूरबा ग्राम के अध्यक्ष डॉ करूणा कर त्रिवेदी और मंत्री श्रीमती सूरज डामोर ने किया

इसका आयोजन उच्चशिक्षा विभाग और इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने मिलकर किया था

इनमें इंदौर होशंगाबाद और रीवा के अधिकारी शामिल हैं